मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर लें लॉकडाउन में छूट का फैसला हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं

उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए श्री मोदी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि कोविड नाइन्टीन वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है उन्होंने कहा कि भविष्य साथ साथ रहने और लचीलेपन से जुडा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्यापक विचार विश्व के अनुकूल होंगे इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होने चाहिए उन्होंने कहा कि विश्व आज एक नये व्यावसायिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है और युवाओं का देश भारत अपने नवाचारों से नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर सकता है उन्होंने कहा कि नये बिजनेस मॉडल और कार्य संस्कृति को ए ई आई ओ यू स्वर से पुनः परिभाषित किया जा सकता है यहां ए से तात्पर्य अजॉप्टिबिलिटी ई से एफिसिएशी आई से इन्क्लूसिविटी ओ से अॅपरच्यूनिटी और यू से यूनिवर्सलिज्म है श्री मोदी ने कहा कि ये कोविड नाइन्टीन की महामारी के बाद से किसी भी बिजनेस मॉडल के अनिवार्य तत्व होंगे

तीन मई तक राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने के संदर्म में निर्देशों की एक श्रंखला जारी की गई जिससे पूर्णबंदी का पूरी तरह से पालन किया जा सके हमारे संवाददाता ने बताया है कि खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी बिजली मैकेनिक प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है

केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे

जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा प्रोसेसिंग तक उसके बाद खुलेगा कल से दृष्य जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे

कस्ट्रक्शन जहां कस्ट्रक्शन हो रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉम पालन करके वो भी शुरू होगा इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रीयल स्टेटस है और इंडस्ट्रीयल शेड़स हैं ऐसी जगह भी काम शुरू होगा

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि पूर्णबंदी के बारे में जारी संशोधित दिशा निर्देशों में ई कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही कर सकेंगी

इसके अनुसार इन मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी स्थानीय प्रशासन मजदूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा तीन मई तक मजदूरों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी

कल नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि रेल सडक और हवाई मार्ग से की जाने वाली यात्राओं पर प्रतिबन्ध पहले की तरह जारी रहेगा शिक्षण संस्थानों औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों तथा आतिथ्य सेवाओं को भी इस छूट से बाहर रखा गया है उन्होंने कहा कि सिनेमाघर मॉल बाजार और धार्मिक स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधों से किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी केवल बेहद जरूरी सेवाएं ही इन इलाकों में उपलब्ध होंगी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना के टीके और दवाए विकसित करने तथा उनके परीक्षण की प्रगति पर निगरानी के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है

राज्य में कोविड नाइन्टीन से अत्यधिक प्रभावित जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं देने का निर्णय किया गया है श्री योगी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उन्नीस संवेदनशील जिलों जहां दस या उससे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनके जिलाधिकारी विशेष सतर्कता बरतते हुए छूट के सम्बंध में निर्णय लें मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्वच्छता और डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी

राज्य के उन्चास जिले कोरोना की चपेट में हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकार वार्ता में बताया कि कोरोना के क्ल मरीजों में छः सौ अड़तीस तबलीगी जमात के हैं उन्होंने बताया कि अब तक एक सौ आठ रोगी ठीक हो कर घर जा चुके हैं

पीलीभीत के रहने वाले निर्मलकान्त शुक्ला के शहर में आठ मकान हैं उन्होंने सभी किरायेदारों से लॉकडाउन के दौरान किराया न लेने का फैसला किया है

लोगों के पास इस समय रोजगार नहीं है लोग परेशान हैं पैसे का भी संकट है खाने का भी संकट है तो चूंकि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है

मैने सभी किराएदारों का मार्च महीने से जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक का किराया माफ कर दिया है मैने तो ये पहल की है लोगों के मदद की

उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा श्री क्मार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद बीज उर्वरक जैसे कृषि कार्यों से संबंधित द्कानें खोलने की अनुमति होगी मनरेगा के तहत काम शुरू करने की भी अनुमति होगी साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आटा चक्की और मेन्था फैक्ट्री जैसी छोटी औद्योगिक इकाइयां भी छूट के दायरे में आएगी जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी किए गए पास के अलावा अन्य सभी पास तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाएं

देवरिया में सात गोरखपूर में तीन अम्बेडकर नगर में दो और कुशीनगर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है प्रकृतिक आपदा की इन घटनाओं में पश् हानि के भी समाचार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगतों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं राज्य में कई स्थानों पर कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा के समाचार हैं गोरखप्र में कल शाम से मौसम अचानक बदल गया और रूक रूक कर हल्की वर्षा दर्ज की गयी कुशीनगर में ओलावृष्टि होने से गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका है